सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

शिवराज कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में वीसी के माध्यम से सभी जिलों में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि गांवों में पंचायतें एवं शहरों में रहवासी संघ मोहल्ला समितियां स्वयं कन्टेनमेंट क्षेत्र बनाएं मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़े अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र तथा एयर सेपरेशन यूनिट की व्यवस्था भी की जा रही है हर जिले में सिटी स्कैन मशीन की व्यवस्था की जा रही है चिकित्सकों पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाई जाएगी और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं यदि वे चाहें तो उन्हें संविदा पर रखा जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर में सक्रिय प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है कोविड मरीजों के लिए बिस्तर ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था और हर जिले में कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं इसके साथ ही कोविड केयर सेंटर चलाने में स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा

मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध करवाई गई राशि के व्यय के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय सभिति का गठन किया जायेगा अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है मुख्यमंत्री चौहान ने चिकित्सकों पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाएँ जाने के निर्देश दिए हैं वहीँ जो सेवानिवृत्त हो गए हैं यदि वे चाहें तो उन्हें संविदा पर रखा जा सकेगा

कोरोना संक्रमण के कारण बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला आंबेडकर जयंती महोत्सव विगत वर्ष की तरह इस बार भी स्थगित कर दिया गया है इस दिन डॉ आंबेडकर के अनुयायी वर्चुअल दर्शन और धम्म पूजन कर सकेंगे गौरतलब है कि इस महोत्सव में महाराष्ट्र सहित देश के अनेक राज्यों से लाखों की संख्या में उनके अनुयायी शामिल होते हैं इंदौर शहर में बाबा साहेब के अनुयायी गीता भवन पर स्थित डॉ आंबेडकर की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर माल्यापर्ण करेंगे भारतरत्न बाबा साहब भीमराव आंबेडकर समाज संगठन इस अवसर पर बजरंग नगर क्षेत्र में नए वाचनालय की स्थापना के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित करेगा जन आंदोलन शहडोल जिले के प्रशासनिक अधिकारी ने कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आम जनता से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचने के लिये आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं वैक्सीन सुरक्षित है इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है

इसी कम में डिण्डौरी जिले में आज बुधवार की रात आठ बजे से सात दिवस तक जिला मुख्यालय सहित शहपुरा व अन्य चिन्हित इलाकों में सात दिवस के लिये बाजार बंद का निर्णय काइसेस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठक में लिया गया लेकिन इस दौरान आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी और सेवायें जारी रहेंगी

खण्डवा जिले में चैत्र नवरात्रि एवं गणगौर पर्व मनाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं

उपार्जन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य निरंतर चालू रहेगा किसान भाई प्राप्त मैसेज के अनुसार निर्धारित तिथि को अपनी फसल विक्रय के लिए उपार्जन केंद्रों पर पहुंचें मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने पूरी सावधानियां बरतते हुए अपनी बारी आने पर फसल विक्रय के लिए उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे दमोह उप चुनाव प्रदेश के दमोह उप चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अंतिम चरण में है इसी क्रम में कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल लक्ष्मण कृटी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया कांग्रेस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सभाएं कर चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रोड शो करेंगे

मौसम प्रदेश में तापमान में बढ़ोत्तरी के कारण वर्षी बादल के बनने के साथ पश्चिमी राजस्थान में सिस्टम बनने की वजह से राज्य के होशंगाबाद संभाग के जिलों के अलावा खंडवा खरगौन बुरहानपुर बड़वानी और छिंदवाड़ा जिले में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने के प्रयासों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी

डॉ शाह इस दौरान जिला अस्पताल परिसर में स्थापित कोविड केयर सेंटर में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा भी लेंगे